दिल्ली में राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ध्वजारोहण किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई केन्द्रीय मंत्री उपस्थित थे इस मौके पर विभिन्न राज्यों की झांकियां निकाली गई और आकाश में वायुसेना के विमानों ने फ्लाई पास्ट किया इधर राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह मुख्यमंत्री निवास पर झण्डारोहण किया वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया मुख्य न्यायाधीश ने राजस्थान उच्च न्यायालय में झंडारोहण किया वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने और प्रदेश भाजपा कार्यालय तथा जयपुर की बड़ी चौपड़ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने झण्डारोहण किया राज्य के अन्य जिलों से भी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाए जाने के समाचार मिले हैं टोंक के अम्बेडकर स्टेडियम में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघू शर्मा ने ध्वजवारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने झण्डारोहण किया बारां के कृषि उपज मंडी प्रांगण में खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने तिरंगा फहराया बीकानेर के डॉ करणी सिंह स्टेडियम में उर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया जैसलमेर में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने ध्वजारोहण किया सीकर के जिला स्टेडियम में शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली उदयपुर के गांधी ग्राउंड में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तिरंगा फहराया धौलपुर के आरएसी मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव ने झण्डारोहण किया साथ ही कोरोनाकाल में विशेष सेवाएं देने वाले भामाशाह को सम्मानित किया सवाई माधोपुर के पुलिस लाइन मैदान में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने ध्वजारोहण किया इस अवसर पर विभिन्न विभागों और संस्थानों की ओर से झांकियां प्रदर्शित की गई

जालौर के शाहगेनाजी पूजाजी स्टेडियम में वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई ने झण्डारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली भरतपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य सचेतक डॉ महेश जोशी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली सिरोही प्रतापगढ़ झालावाड़ हनुमानगढ़ और राजसमंद में जिला कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर स्थित सभी चौकियों पर गणतंत्र दिवस उल्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है

इसके लिए निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर शीतलहर के चलते आज भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई